आगामी आम चुनाव के लिए सोशल मीडिया ने लागू की स्वैच्छिक आचार संहिता मतदान समाप्ति के अड़तालीस घंटे पहले सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं होगी भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल और प्रत्याशी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना के रक्षा कार्मिकों के फोटोग्राफ जारी नहीं कर सकेंगे

पूरा प्रदेश उत्साह और उल्लास के रंगों में सरोबार है दिनभर लोग रंगों की मस्ती में डूबे रहे जगह जगह नगाड़ों की थाप और फाग गीत सुनाई दे रहे हैं शहर हो या ग्रामीण इलाके सभी जगह सुबह से होलियारों की टोलियां घूम घूमकर एक दूसरे को रंग और गुलाल से सराबोर कर रही है इस पर्व को लेकर बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है बच्चे और युवा सभी चौक चौराहों पर पिचकारी लेकर आने जाने वालों पर सुबह से ही रंगों की बौछार करते रहे वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सूखी होली खेलने की भी पहल की इन संस्थाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुलाल लगाकर लोगों से मिलते रहे और एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आए शाम होते ही रंग गुलाल का आनंद ले चुके लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मिठाईयां भी बांटी वहीं कुछ स्थानों पर आज फाग गायन का विशेष आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक होली के कई तरह के रंग नजर आए बस्तर में हर बार की तरह इस बार भी होली पर आदिम संस्कृति और परंपराओं की अलग झलक देखने को मिली बस्तर में होली की शुरूआत दंतेवाड़ा के फागुन मेले से होती है इस परंपरा के अनुसार शुद्ध मिट्टी और पलाश के फूलों से बने रंग को देवी दंतेश्वरी और मेले में प्रतीकात्मक रूप से आए सैकड़ों देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं इस दौरान सांकेतिक होलिका दहन भी होती है फागुन मेले के ठीक अगले दिन बस्तर की पहली होलिका दहन माड़पाल में किया जाता है

माड़पाल में होलिका दहन करने के बाद जगदलपुर में मावली मंदिर भैरमदेव मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में एक साथ होलिका दहन किया जाता है रंग अबीर और गुलाल के साथ पारंपरिक लोक नृत्य नाटक ढोल मांदर और नगाड़ों की गूंज के बीच लोगों का सामूहिक हर्षोल्लास इस पर्व को खास बना देता है उल्लेखनीय है कि बस्तर में होली का त्योहार धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और यहां के ज्यादातर पर्व प्रकृति के अलावा देवी देवताओं को समर्पित होते हैं वहीं सरगुजा संभाग में भी होली यू तो पारंपरिक ढंग से मनाई जाती है लेकिन जशपुर और कोरिया के आदिवासी बहल इलाकों में स्थानीय समुदाय के लोग होली के दिन कुछ अपने पारंपरिक आयोजन भी करते हैं खासतौर पर कोरिया में आज के दिन होने वाली खरगोश दौड़ होर्ली के माहौल में खुशियों का एक नया रंग जोड़ देती है इस बीच राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में में होली के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है रायपुर में जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात रहे शहर में चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है वहीं नशे में वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करती रही इसके अलावा हडदंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही नगर के सभी थॉना क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के अलावा नगर सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अपने संदेशों में यह कामना की है कि होली का दिन लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने होली के अवसर पर सभी मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि जिस तरह अनेक रंगों से सराबोर होकर होली में हम सभी एक जैसे हो जाते हैं उसी तरह लोकतंत्र के त्यौहार को भी हम सब मिलकर सफल बनाएं उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान कर अपनी उंगली में देश के महापर्व का एक अमिट रंग भी अवश्य लगवाएं सोशल मीडिया आचार संहिता सोशल मीडिया और भारत के इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन आईएएमएआई ने आगामी आम चुनाव के लिए स्वैछिक आचार संहिता लागू की है फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा कल निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को जारी पत्र में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है पत्र में आयोग ने फोटोग्राफ के साथ सेना की किसी भी गतिविधि का जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान नहीं करने के निर्देश राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को दिए हैं लोकसभा चुनाव नामांकन दाखिल लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में अब तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि दूसरे चरण के लिए प्रदेश के कांकेर महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्रों के लिए दूसरे दिन कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया इस चरण के लिए उन्नीस मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी वहीं पहले चरण में होने वाले बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन के तीसरे दिन भी नामांकन पत्र नहीं भरे गए श्री साहू ने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियाँ की गई हैं तीनों चरणों को मिलाकर ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों के लिए क्ल एक करोड़ इंक्यानवे लाख छह हजार दो सौ पच्यासी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे गौरतलब है कि प्रदेश में लोकसभा के लिए तीन चरणों में मतदान होगा पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल कर सकते हैं पहले चरण के लिए पच्चीस मार्च तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जाँच छब्बीस मार्च को होगी अटाठाईस मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन छब्बीस मार्च तक जमा किये जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जाँच सत्ताईस मार्च को होगी उनतीस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे लोकसभा निर्वाचन के तहत प्रदेश में तीसरे चरण के लिए अट्ठाईस मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी इस चरण में छत्तीसगढ़ के शेष बचे सभी सात सीटों रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरंबा जाँजगीर दुर्ग और सरगुजा के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होगा निर्वाचन जब्त सामग्री लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन आयोग राज्य के सभी जिलों में शराब और अन्य मादक द्रव्यों के अवैध करोबार पर भी कड़ी निगाह रख रहा है वहीं नकदी आभूषणों और अन्य अवैध वस्तुओं के वितरण को भी कठोरता से प्रतिबंधित किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा गठित उड़न दस्तों द्वारा अब तक नकद राशि और सामानों जब्ती की गई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार अट्ठारह मार्च तक बाईस लाख बावन हजार दो सौ रूपए नगद जब्त किए गए हैं वहीं इस दौरान चौदह सौ इकसठ लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई है जिसकी कीमत तीन लाख छह हजार से अधिक है इसके अलावा अधिकारियों ने अवैध लैपटाप वाहन साड़ी प्रेशर कुकर आदि भी जब्त किए हैं जिनकी कीमत करीब चौदह लाख चौंतीस हजार आठ सौ पचास है चुनाव मेकिडल बोर्ड बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा है कि खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव ड्यूटी से बचने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों को जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके लिए बलौदाबाजार भाटापारा जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की कल बाईस मार्च को विशेष बैठक आयोजित की गई है कलेक्टर ने बीमारी से जुझ रहे सभी अधिकारी कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड की उक्त बैठक में प्रस्तुत होने को कहा है उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी से मुक्ति चाहने वाले अधिकारी अपने कार्यालय प्रमुख के जरिए जिला निर्वाचन कार्यालय को आवेदन भिजवाएं जिला निर्वाचन कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे माओवादी विस्फोट बीजापुर जिले में कल रात माओवादियों ने विस्फोट कर एक वाहन को उड़ा दिया इस घटना में नौ ग्रामीण घायल हो गए हैं इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जाती है मिली जानकारी के अनुसार नैमेड गांव से ग्रामीण चारपहिया वाहन में सवार होकर दंतेवाड़ा में चल रहे फागुन मड़ई में शामिल होने के लिए जा रहे थे इसी दौरान पेद्दाकोड़ेपाल के पास माओवादियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर वाहन को उड़ा दिया मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से आज कोरिया जिले के बैंकुंठपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई साथ ही कई इलाकों में ओले गिरने की भी खबर है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है